उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संकमण की दर में बढ़ोत्तरी सभी के लिए एक चेतावनी है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तथा बस अड्डों पर रैपिड टेस्ट एंटीजन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में पंचायती राज चुनाव और त्यौहारों को देखते हुए बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग आयेंगे इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर पूरा ध्यान दिया जाये उन्होंने बाजारों में ध्वनि विस्तारक माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार की गाइड लाइंस और प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन एक बहुमूल्य संसाधन है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाये कि इसकी एक भी डोज व्यर्थ न जाये उन्होंने सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में संचालित कोविड टीकाकरण कार्य की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और पंचायत च्रनाव के मद्देनजर हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा और कांटेक्ट ट्रेसिंग को भी तेज किए जाने की जरूरत है हाल ही में प्रदेश में कोविड़ के नए मामलों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी हमारे लिए एक चेतावनी है और इसलिए तज चबत पद्धति से टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए और सभी जिलों में कोवीड अस्पतालों को सक्रिय रखा जाए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन बेकार ना होने पाए प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी गरमी के मौसम में बिजली की मांग में संभावित बढ़ोत्तरी को देखते हुए बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था और मरम्मत समय से सुनिश्चित कर ली जाये जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की ओवर बिलिंग सहित अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किये जायें

उन्होंने इस बारे में प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभागों को एक कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया है कि कोविड टीके का निर्यात देशवासियों के स्वस्थ्य की कीमत पर नहीं किया जाएगा

लोकसभा में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार वसुधैव कुटुम्बकम पर विश्वास करती है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

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है इस नीति पर सदन में बयान देत हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रद्रषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटो मोबाइल क्षेत्र में बडा परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जीएसटी में वृद्धि होगी

श्री गड़करी ने कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में ऑटो मोबाइल क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा और अगले एक साल में सौ प्रतिशत लीथियम आयन बैटरी का स्वदेश में उत्पादन होने लगेगा उन्होंने सांसदों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में वाहनों के लिए फिटनैस केन्द्र प्रदूषण केन्द्र और ड्राइविंग केन्द्र बनाने में सहयोग मांगा व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की विशेषताओं को बताते हुए श्री गड़करी ने कहा कि खराब गुणवत्ता वाले या पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले निजी वाहनों की वैधता बीस साल के बाद खत्म कर दी जाएगी

श्री गडकरी ने कहा कि फिटनेस जांच और स्क्रैपिंग केन्द्रों के लिए नियम इस वर्ष पहली अक्टूबर तक अधिसूचित कर द दिये जाएंगे

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग एक लाख पचहत्तर हजार से अधिक गरीब कन्याओं के विवाह सम्पन्न हुए हैं

आज लखनऊ में निर्माण श्रमिकों की प्रत्रियों के सामूहिक विवाह समारोह में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना का समाज के हर तबके ने स्वागत कर इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है और यह योजना बहुत लोकप्रिय हो रही है

आज विश्व पुर्नचक्रण दिवस है प्रत्येक वर्ष धरती अरबों टन प्राकृतिक संसाधन देती है लेकिन बहुत जल्द ही ये सब खत्म हो जाएंगे पुर्नचक्रण सीमित स्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए विकासशील अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है यह सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है